इस केन्द्र की क्षमता तेरह लाख तीस हजार मीट्रिक टन है

श्री मोदी ने कृष्णपट्टनम में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी गुंदूर में जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना आध्रप्रदेश के साथ साथ पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे सारे प्रोजेक्ट से यहां के युवाओं को सीधा रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही गैस पर आधारित उद्योगों का भी विकास होगा साथियों भारत को गैस और क्लीन फ्यूल देस इकोनॉमिक बनाने के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं चाहे रसोई में एलपीजी और पीएनजी के कनेक्शन हों गाड़ियों में सीएनजी हों या फिर गैस से फर्टिलाइजर बनाने वाले कारखानें पूरे देश में व्यापक काम हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों दलितों और जनजातीय लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हृदय योजना के तहत अमरावती को धरोहर नगर चुना है प्रधानमंत्री ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जिन दलों ने लोगों को धूएं में जीने के लिए छोड़ दिया था वे ही अब झूठ के गुबार फैला रहे हैं जिन लोगों ने देश को धूए में जीने के लिए छोड़ दिया था वह अब देश में झूठ का धूआं फैलाने में जुटे हैं झूठ की बुनियाद पर महामिलावट का खेल खेलने में लगे हैं संगत का असर ये है कि यहां के मुख्यमंत्री जी भी आंध्र प्रदेश के विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कॉम्पेटिशन में कूद गए हैं

समाज के वंचित वर्ग के स्कूली बच्चों को अब तक तीन अरब भोजन परोसने का काम पूरा होने के सिलसिले में इसका आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री तीन अरबवा भोजन परोसेंगे वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे श्री मोदी इस्कोन के आवार्य प्रभुपाद के विग्रह पर प्रष्पाजलि अर्पित करेंगे

आज से शुरू हुए तीन दिन के इस आयोजन में विभिन्न देशों के पन्वानवे से अधिक ऊर्जा मंत्री भाग ले रहे हैं इस सम्मेलन का विषय है सभी को सतत और सुरक्षित ऊर्जा सुलम कराने के लिए सहयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल इसका औपचारिक उदघाटन करेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रवान ने सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हए कहा कि सरकार ने सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं

माघ मास के शक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सरस्वती पूजा के रूप में मनाई जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वसंत पंचमी के अवसर पर देशवासियों को शमकामनाएं दी हैं प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को वसंत पंचमी की शुभकामना दी है आज प्रयागराज के कुम्म मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे और अंतिम शाही स्नान के दौरान अब तक एक करोड़ छब्बीस लाख श्रद्वाल् ड्बकी लगा चुके हैं पन्द्रह जनवरी से शुरू हए कृम्भ में अब तक सोलह करोड़ श्रद्वाल् स्नान कर चुके हैं चित्रकूट में यमुना और मंदाकिनी नदियों में पूरे दिन स्नानार्थियों के दल पहंचते रहे लोगों ने वहां स्नान और पूजा पाठ किया अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में लोगों ने पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य किया वसंत पंचमी के दिन मॉ सरस्वती की आराधन का दिन है विभिन्न जिलों में कई स्थानों पर पाण्डालों में मॉ सरस्वती की मूर्तियों की स्थापना कर के पूजा पाठ किया जा रहा है उधर वसंत ऋतु से उत्साहित पश्चिमी जिलों में लोगों ने आज जमकर पतंगबाजी की आज ही प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हिन्दी कवि महाप्राण पण्डित सुर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती भी मनायी जा रही है प्रयागराज के दारागंज में लोगों ने निराला जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर के उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की विमिन्न स्थानों पर आज निराला जी की स्मृति में कवि सम्मेलन तथा साहित्य गोष्ठियों के आयोजन किए गये हैं वाराणसी में आज काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया आज ही से व्रजमण्डल में होली का पर्व शुरू हो गया व्रज के प्रमुख मंदिरों में आज से इकतालिस दिन के होली उत्सव का श्भारम्भ हो गया वृन्दावन के बाकेविहारी मंदिर में आज होली मनाई गयी भक्तों ने वहां जमकर अबीर गुलाल उड़ाया